वित्तमंत्री प्रैस सरकार ने उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की इनके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ावा सरचार्ज वापस ले लिया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस ले लिया गया है

आवास वाहन और अन्य खुदरा ऋणों की ईएमआई कम कर दी गयी है इसके लिए खुदरा ऋणों की रेपो रेट को ब्याज दरों से जोडा गया है मोटर वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है

वित्त मंत्री ने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की अपेक्षाकृत बेहतर विकास दर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी विकास दर अमरीका और चीन से भी अधिक है मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं पिछले चार वर्षो में श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह तीसरी यात्रा है और उम्मीद की जाती है कि इससे दोनों देशों के बीच पहले से सुदृढ़ संबंधों को और मजबूती मिलेगी दो दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बडे असैनिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किये जाने का कार्यक्रम है संयुक्त अरब अमीरात ने इस साल अप्रैल में उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने की घोषणा की थी यह सम्मान दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ाकर समग्र सामरिक संबंधों के स्तंर पर पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए दिया जा रहा है संयुक्तं अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में रुपये में नगदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने को लिए रूपे कार्ड जारी करेंगे

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यु ट्यब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा

आज इस परियोजना का श्भारंभ विधायक संजय पाठक द्वारा किया जायेगा

देवालयों में रात बारह बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर आरती और पूजा अर्चना की गई देर रात तक जन्मोत्सव कार्यक्रम जारी रहे इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है कई जगह मटकी फोड प्रतियोगिताएं आयोजित की गई इंदौर के होल्कर कालीन प्राचीन गोपाल मंदिर बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष अभिषेक किये गये उज्जैन में भी जन्माष्टमी की पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर शहर के गोपाल मंदिर इस्कॉन मंदिर सांदीपनि आश्रम और महाकालेश्वर मंदिर स्थित साक्षी गोपाल मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा वृदावन सहित प्रदेश में होशंगाबाद और कई स्थानों पर आज भी यह त्यौहार मनाया जा रहा है किकेट पहली विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन कल शानदार गेंदबाजी करते हुए इशांत शर्मा द्वारा पांच विकेट लेने से भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली

मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी है

साथ ही क्छ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है राजधानी भोपाल में भी कल रात से लगातार वर्षा का दौर जारी है